कल नई दिल्ली में महालेखाकारों और उप महालेखाकारों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने सी ए जी को देश को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका नियाने को कहा उन्होंने कहा कि सी ए जी को शासन और क्यालता में सुधार के लिए पेशेवर धोखाधड़ी से निपटने के नये तरीके खोजने चाहिए श्री मोदी ने कहा कि सी ए जी को स्शासन के लिए प्रेरक बनना चाहिए और उसे अपनी गतिविधियों को मात्र आंकड़ों और प्रक्रियाओं तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार दो हजार बाईस तक प्रमाण समर्थित नीति निर्धारण तैयार करना चाहती है तथा सी ए जी थिंक टैंक बनकर और डेटा विश्लेषण पर विशेष ध्यान देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल में बताया कि देश में हर रोज पच्चीस से तीस टन सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा बनता है जिसमें से दो तिहाई ही दोबारा इस्तेमाल के लिए इकट्टा हो पाता है शेष करीब दस हजार टन काफी समय तक इधर उधर दिखरा रहता है इस कचरे को इकट्ठा करना बड़ी समस्या है श्री जावड़ेकर ने कहा कि इसके लिए आदत सुधारना जरूरी है कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्लास्टिक के इस्तेमाल के बारे में स्पष्ट नीति होनी चाहिए प्लास्टिक से बचने के लिए पटसन जैसे विकल्प अपनाए जाने चाहिए टीआरएस सांसद नमा नागेश्वर राव ने कहा कि तेलंगाना में प्लास्टिक इकट्टा करके लाने वालों को बदले में चावल देने जैसी योजनाएं काफी कारगर साबित होंगी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुझाव दिया है कि एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पर रोक लगाने का सामूहिक फैसला करने के बारे में सदन में विशेष चर्चा होनी चाहिए

सदस्यों ने अध्यक्ष के सुझाव का स्वागत किया और चर्चा कराने पर सहमति जताई

जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांटों को बंद कर दिया है उन्होंने कहा कि तीन सौ पचपन शहरों में प्रदूषण की निगरानी की जा रही है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इलैक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन विनिर्माण आयात निर्यात बिक्री वितरण भंडारण और विज्ञापन पर रोक लगाने संबंधी विधेयक आज लोकसभा में पेश किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यह विधेयक लोगों को ई सिगरेट के हानिकारक प्रमावों से बचाने के लिए लाया गया है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्रालय ने बीस नवम्बर को सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को आदेश जारी किया था जिसके तहत अधिकारी ई सिगरेट परिसरों पर वारंट के बिना छापे मार सकते हैं केन्द्र सरकार ने फिर दोहराया है कि भारतीय रेलवे का निजीकरण नहीं किया जायेगा राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान उत्तर देते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रेलवे का वाणिज्यिकरण किया जा रहा है उन्होंने जोर दिया कि रेलवे पर सरकार का पूरा नियंत्रण और मालिकाना हक रहेगा

कार्यक्रम को आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क के अलावा द्रदर्शन पर भी सुना जा सकेगा

कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर बी पी सिंह ने बताया कि अभियान में जिले के सभी स्कूलों के बच्चों को शामिल किया गया है उन्होंने बताया कि फाइलेरिया की बीमारी मच्छर के काटने से होती है और इसके लक्षण दस से पंद्रह वर्ष बाद सामने आते हैं उन्होंने कहा कि दो वर्ष से अधिक की आयु के प्रत्येक व्यक्ति को फाइलेरिया की दवा अवश्य खानी चाहिए उन्होंने कहा कि अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्कूलों के अलावा घर घर जाकर सभी को अपनी उपस्थिति में दवा खिलाएंगे अयोध्या जनपद में परिषदीय स्कूलों के बच्चों को स्वेटर वितरण का कार्य शुरू हो गया है विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और जिलाधिकारी अनुज झा ने आज नगर के अंगूरी बाग प्रथमिक विद्यालय में दो सौ बच्चों को स्वेटर बांटे जनपद में इस वर्ष उन्नीस लाख से अधिक बच्चों को स्वेटर बांटे जाने हैं